एटीएल ऐप एक निशुल्क ऑन लाइन पाठ्यक्रम है छह परियोजना आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन परामर्श सत्रों के माध्यम से यूवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा उजागर कर सकते हैं ऐप बनाने के लिए स्कूल शिक्षकों में क्षमता और कौशल निर्माण के लिए एआईएम ऐप डेवलपमेंट पाठयक्रम पर सर्वाधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई बड़ी बाधाएं आईं हैं जिनसे प्रौद्योगिकी की मदद से निपटा जा रहा है केंद्रीय कृषि मंत्रालय कोरोना काल में भी किसानों और कृषि कार्यो में सुविधा के लिए कई उपाय कर रहा है मंत्रालय के अनुसार खरीफ फसलों की बुआई संतोषजनक रही है

पिछले वर्ष खरीफ के मौसम में लगभग साढे चौबीस लाख हेक्टेयर में दालों की बुवाई हुई थी जबकि इस बार यह क्षेत्र चौंसठ लाख हेक्टेयर से अधिक है

हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देश भर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है पंचायती राज चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से बूथ स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेगी शिमला में एक बैठक में कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को इस बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हर रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की मौजूदगी में हाईकमान तक पहुंचाई गई है

राज्य के जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पिति में भी आज सुबह से हल्की से दरमियाना बारिश हो रही है मौसम विभाग ने आज और कल मध्यवर्ती व मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर यलो अलर्ट जारी करते हुए भारी वर्षा व बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है

कुल्लू जिला में कल रात मनाली के निकट कन्याल नाले में बादल फटने से नाले में पानी का बहाव बढ़ गया है इस घटना से जल शक्ति विभाग की योजनाओं को क्षति पहुँची है हमारे कुल्लू संवाददता के आशीष शर्मा के अनुसार उपमंडलाधिकारी मनाली रमन घरसंघी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

बस किराये से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल में बसों का किराया अभी नहीं बढ़ाया अमर उजाला का शीर्षक है बस किराया बढ़ोतरी पर विपक्ष और लोगों में उबाल मंत्री हां ना में उलझे हिमाचल दस्तक ने खबर दी है सॉफ्टवेयर से तबादलों को तैयार नहीं कैबिनेट अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में सिफारिश से नहीं सॉफ्टवेयर से शिक्षकों के तबादले करने की तैयारी

जल जीवन मिशन के लिए एक मुश्त छूट दे केंद्र सरकार शीर्षक से आपका फैसला लिखता है हिमाचल के राज्यपाल ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री को पत्र लिखकर उठाई मांग